अब तक दो लाख पैंतालीस हजार से अधिक मरीज हुये स्वस्थ

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

सरकार और किसानों के बीच यह छठे दौर की बातचीत होगी केन्द्र ने प्रदर्शन कर रहे चालीस किसान संगठनों को पत्र लिखा था और उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया था बैठक में किसान कानूनों के आलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा वायू गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर भी चर्चा होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाने वाली एक सौवीं किसान रेल को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि में नई प्रौद्योगिकी तेजी से शामिल हो रही है कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन के लिए भंडारण और प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं को सरकार प्राथमिकता दे रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल सेवा किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक प्रयास है इससे खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा बाइट मैं सबसे पहले देश के करोड़ो किसानों को बधाई देता हूं अगस्त महीने में देश की पहली किसान और खेती के लिए पूरी तरह से समर्पित रेल शुरू की गई थी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश के हर क्षेत्र की खेती को किसानों को किसान रेल से कनेक्ट किया जा रहा है कोरोना की चुनौती के बीच मी बीतें चार महीनों में किसान रेल का यह नेटवर्क आज सौ के आंकड़ें पर पहुंच चुका है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सेवा देश में शीत भंडारण आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी बाइट नए कृषि सुधारों के बाद किसान रेल की सुविधा के बाद एक और विकल्प मिला है अब हमारा किसान अपनी उपज देश के उन हिस्सों तक पहुंचा सकता है जहां पर टमाटर की मांग ज्यादा है जहां उसे बेहतर कीमत मिल सकती है वो फलों और सब्जियों के ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी का भी लाम ले सकता है किसान रेल एक प्रकार से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज भी है यानी इसमें फल हो सब्जी हो दूध हो मछली हो जो भी जल्द ही खराब होने वाली चीजें हैं वो पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख पैंतालीस हजार तीन सौ पांच हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान छह सौ सत्रह मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव छह एक प्रतिशत हो गयी है वहीं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के तीन सौ नौ नये मामलों के सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख इक्यावन हजार तीन सौ चार हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक एक सौ इक्कीस मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार छह सौ बारह है इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने नये कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पटना में अलर्ट जारी कर दिया है नई दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल के डॉ ए के वार्ष्णेय ने कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों से सरकार द्वारा सुझाये गये सभी निर्देशों का पालन करने मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है

इसलिए उन्होंने प्रोसेस किया है कि अभी ये हाईली इंफेक्टिड वायरस है और इसी के मद्देनजर फिर से जो है वो लॉकडाउन वाली स्टेट उन्होंने लगायी है इतना डरने वाली बात नहीं है वही चीजें फिर हमें करनी पड़ेंगी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको लगातार इस्तेमाल करना है

जब भी हम जायेंगे सामाजिक दूरी बनाकर रखना है हाथों की सफाई पर ध्यान रखना है अगर हम ये सब चींज करेंगे तो वायरस की कोई भी स्टेट हो उससे हम बचाव कर सकते है उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि गांवों का विकास सरकार की प्राथमिकता है पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गांव के विकास से ही देश का विकास होगा श्री प्रसाद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के बाद गांवों का चेहरा बदलने लगा है और गांवों से शहरों की ओर पलायन की गति भी धीमी हुई है उन्होंने कहा कि गांवों में भी रोजगार के नये अवसर बड़े पैमाने पर सृजित किये जा रहे हैं इधर उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि कोरोना और लॉकडाउन के दौरान बाहर से लौटे कामगारों ने बेतिया में रेडिमेट गारमेंट यूनिट लगाये हैं इससे उन्हें काफी लाभ हो रहा है उन्होंने कहा कि बेतिया के रेडिमेट गारमेंट बंगाल के साथ लद्दाख और दिल्ली भेजे जा रहे हैं केन्द्र सरकार ने पहली जनवरी दो हजार इक्कीस से प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है विदेश व्यापार के महानिदेशक ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्याज की सभी किस्मों के निर्यात की अनुमति रहेगी सरकार ने प्याज की कीमतें बढ़ने के कारण सितम्बर में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था जनता दल यूनाईटेड बिहार के बाहर सभी राज्यों में अकेले चूनाव लड़ेगा जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान संगठन की मजबूती पर जोर देते हुये कहा कि दूसरे राज्यों में भी पार्टी का संगठनात्मक विस्तार किया जायेगा उन्होंने अगले साल पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करने के साथ ही चुनाव क्षेत्रों की चयन की जिम्मेवारी भी पार्टी पदाधिकारियों को सौंपी श्री कुमार ने पटना में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में वर्तमान राजनीतिक महौल पर चर्चा की राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा चुनाव में हार के कारणों की जांच के लिए कई तदर्थ समितियों का गठन किया है यह समितियां उम्मीदवारों और जिलाध्यक्षों से मिली शिकायतों के आधार पर हार के कारणों की जांच करेगी पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता ने बताया कि ये जांच समितियां इकतीस जनवरी तक अपनी रिपोर्ट और अनुशंसा प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगी

मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि एक से दस जनवरी तक प्रदेशभर में धान खरीद के लिए सघन अभियान चलाया जायेगा उन्होंने धान खरीद कार्यो की समीक्षा के दौरान कहा कि कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार सप्ताह में तीन दिन धान खरीद से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे श्री कुमार ने कहा कि धान खरीद में पैक्सों की मनमानी बर्दास्त नहीं की जायेगी उन्होंने कहा कि अब तक पांच लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है इधर सरकार ने हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए तकनीकी सर्वे का काम शुरू कर दिया है इस काम में जल संसाधन ऊर्जा और कृषि विभाग के अधिकारियों को लगाया गया है बिहार लोक सेवा आयोग ने छियासठवीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान औरंगाबाद के एक परीक्षा केन्द्र पर हुये हंगामे की जांच के लिये दो सदस्यों की समिति गठित की है इस कमिटी की जांच रिपोर्ट के बाद आयोग आगे की कार्रवाई करेगा औरंगाबाद के जिलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आयोग ने जांच समिति गठित की है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए केन्द्र हर सम्भव सहयोग करेगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रीमती सीतारमन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि वे बजट सत्र के बाद बिहार आयेंगी स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर पटना के पीएमसीएच सहित प्रदेशभर के अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल अब भी जारी है हड़ताल के कारण इन अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हुई हैं पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विमल कारक ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से मुलाकात की लेकिन हड़ताल समाप्त करवाने को लेकर कोई रास्ता नहीं निकला गौरतलब है कि जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर तेईस दिसम्बर से हड़ताल पर हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक सौ चौबीस ऑनलाईन कोर्स की शुरूआत की है यूजीसी की आधिकारिक वेबसाईट पर पाठ्यक्रमों की सूची जारी कर दी है यह पाठ्यक्रम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों स्तर के हैं राज्य सरकार के बालिका गृहों में रहने वाली चौदह लड़कियों को होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए बेंगलुरू भेज रही है इन लड़कियों को ईसीएचओ सेंटर ऑफ जुवेनाईल जस्टिस के अन्तर्गत एक वर्षीय होटल मैनेजमेंट कोर्स का डिप्लोमा कराया जायेगा समाज कल्याण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इन छात्राओं की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी बेगूसराय जिले में पोशाक और साईकिल योजना के एक करोड़ संतावन लाख रुपये के गबन के आरोपी बर्खास्त लिपिक नवीन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है वह सात वर्षों से फरार चल रहा था वैशाली जिले से नब्बे किलो सोना लूटकांड के आरोपी विकास झा को पुलिस ने मुंगेर से गिरफ्तार कर लिया है मुंगेर के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि उसकी निशानदेही पर अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है प्रलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि हत्याकांडों के अनुसंधान का जिम्मा अब थानाध्यक्षों को सौंपा जायेगा सीआईडी के एडीजी विनय कुमार ने भागलपुर में पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में कहा कि हत्याकांडों के अनुसंधान तेज करने गिरफ्तारी और मामले के निष्पादन में तेजी लाने के लिए अनुसंधान का कार्य थानाध्यक्ष करेंगे उन्होंने कहा कि मामलों के निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में कोहरा छाये रहने के आसार बन रहे हैं ओडिशा में प्रतिचक्रवात के चलते बिहार में अच्छी खासी आर्द्रता आ रही है इसी वजह से कोहरा छाये रहने और रात के तापमान में गिरावट की सम्भावना है पटना और गया में रात के न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही तापमान में गिरावट आने से कनकनी बढ़ी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवाओं की गति में तेजी आने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने कुपोषण से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है कुपोषित बच्चों की अब घर घर होगी पहचान दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के उस बयान को सुर्खी बनायी है जिसमें उन्होंने कहा है कि दो हजार पच्चीस तक पच्चीस शहरों में दौड़ेंगी मेट्रो प्रभात खबर ने सीबीएसई परीक्षा से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है अंग्रेजी में रहेंगे चालीस चालीस अंकों के ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव प्रश्न दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को शीर्षक बनाते हुये लिखा है बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के लिए धारदार तैयारी करे

अब तक दो लाख पैंतालीस हजार से अधिक मरीज हुये स्वस्थ